अभी लैंडर विक्रम काफी नीची कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है इसरो ने बताया कि कल तड़के एक से दो बजे के बीच लैंडर के चंद्रमा पर उतरने की जटिल प्रक्रिया पूरी की जाएगी तड़के डेढ़ बजे से ढाई बजे के बीच यह धीरे धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा और चंद्रमा की सतह से परीक्षण शुरू करेगा इस उपलब्धि के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात बेंगलुरू पहंचेंगे और इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे

प्रदेश से भी दो विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ इस पल को देखने के लिए बैंगलुरू पहॅच गये हैं मुख्यमंत्री बांध मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केन्द्र सरकार से सरदार सरोवर जलाशय में जल भराव के संबंध में निर्धारित समय सारिणी का पालन करने के लिए गुजरात सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया है उन्होंने लिखा कि मध्यप्रदेश के लिए यह विषय अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में राहत और पुनर्वास के काम चल रहे है

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है सम्मेलन राष्ट्रीय पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और किसानों के कल्याण में पशु चिकित्सको के योगदान विषय पर कल एक विचार गोष्ठी आयोजित की जायेगी इसमें केन्द्रीय पश्पालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और राज्य के पश्पालन मंत्री लखन सिंह यादव और विधि तथा कानून मंत्री पीसी शर्मा भी भाग लेंगे मौसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से आ रही नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है

हालांकि राजधानी भोपाल में कल से बारिश नहीं हो रही है आज आसमान पूरी तरह से साफ है

बैठक में सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिये गये

यह घटना ऑनरकिलिंग के तहत हुई बताई जा रही है

विश्वविद्यालय को मान्यता मिलने से यहां पीएचडी करने वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप मिल सकेगी

आज भक्त दिन भर दर्शन कर सकते हैं